केन्द्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ज़रूरतमंदों के लिए साबित हुई वरदान कैबिनेट मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में पीटीए पैरा और पैट शिक्षकों के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी गई

इन शिक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने इनके नियमितीकरण पर मोहर लगाई है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नियमित किए गए ये शिक्षक कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं और न्यायालय से इनके हक में फैसला आने के बाद मंत्रिमंडल ने आज इन्हें नियमित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है

इन पदों पर हमीरपुर चयन आयोग भर्ती करेगा

अब सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य साढ़े आठ रूपये प्रति किलो होगा वहीं आम को भी एम आईएस में लाया गया है और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी साढ़े आठ रूपये प्रति किलो तय किया गया है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बुड स्थित राजकीय भिडल स्कूल को राजकीय हाईस्कूल और रामपुर स्थित हाईस्कूल को स्तरोन्नत कर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल करने की मंजूरी प्रदान की है इसके अलावा उना जिला के हरोली क्षेत्र के केलो में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया है

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिंमाचल वापस लौटे हैं

ये महिला अपने परिवार के साथ होम क्वारंटीन में थीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन शर्मा ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि दृढ़ निश्चय और कड़ाई से क्वारंटीन के नियमों का पालन कर कोरोना पर विजय पाई जा सकती है

ये मरीज कांगड़ा जिला के भवारना क्षेत्र से संबंध रखता था और मंगलवार रात को नेरवौक अस्पताल में लाया गया था

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश को ई पंचायत के लिए देशभर में प्रथम प्रस्कार मिलना एक बहत बड़ी उपलब्धि है उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रदेश के मेहनतकश लोगों सहित पंचायती राज विभाग के ॅसमी अधिकारियों व कर्मचारियों को जाता है

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत होने वाले कायोँ को भी ऑनलाइन श्रेणी में लाया गया है कांग्रेस गत दिनों भारत चीन सीमा पर गलवान में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्वासुमन अर्पित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कल सलाम दिवस आयोजित करेगी कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिलों व ब्लॉक में कांग्रेस शहीदों को नमन करते हुए श्रद्दासुमन अर्पित करेगी उन्होंने केन्द्र सरकार से चीन द्वारा कब्जाई गई भारतीय जमीन को तुरंत वापिस लेने की भी मांग की

जम्वाल ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल लागू किया था जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर पूरी तरह से मनमानी की गई थी जम्वाल ने कहा कि रातो रात पूरे देश को जेल में तबदील कर दिया गया प्रैस अदालतों और भाषण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया उन्होंने कहा कि देश उन सभी महान विभूतियों को नमन करता है जिन्होंने भीषण यातनाएं सहकर आपातकाल का जमकर विरोध किया

कांग्रेस पर निशाना साधते हए उन्होंने कहा कि भारत में तो लोकतंत्र बहाल हो गया लेकिन कांग्रेस में यह अनुपस्थित रहा और पार्टी व राष्ट्रहित पर एक परिवार विशेष के हित ही हावी रहे गरीब कल्याण योजना कोरोना संकट के दौरान देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी लॉकडाउन रहा जिसके चलते कुछ दिनों के लिए सभी के काम काज प्रभावित हुए इस दौरान किसी भी गरीब या जरूरतमंद को परेशानी न हो इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से गरीब कल्याण योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की गई जिला सोलन में भी ज़रूरतमंद लोगो को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन मुहैया करवाया गया जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली

किसानों ने इस राशि से अपने खेतों के लिए बीज व खाद सहित अन्य सामग्री की खरीद की स्थानीय लोगों ने इस सहायता के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने बताया कि ऐसा न करने पर उनके शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि लाइसेंस धारक को लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकरण कार्यालय में अपने मूल लाइसेंस के साथ आना होगा और इस प्रक्रिया में किसी अन्य दस्तावेज् की आवश्यकता नहीं है बैठक प्रदेश कौशल विकास निगम की परियोजना निगरानी कार्यान्वयन सभिति की बैठक आज शिमला में निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकूर की अध्यक्षता में आयोजित हुई